मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर से इस अभियान की शुरूआत करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर नेता व अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जायेगा वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कांगड़ा ज़िले के शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र की कनोल पंचायत में स्वच्छ भारत पर्व की शुरूआत करेंगे इसके तहत पंचायत में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी के अलावा पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहेंगी इसी तरह प्रदेश के अन्य भागों में भी स्वच्छ भारत पर्व मनाया जायेगा इस दौरान ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर आज गुवाहाटी में होने वाली देशभर के परिवहन मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेंगे विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इस दो दिवसीय बैठक में देश व प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाने के संबंध में केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जायेगा

देर रात करीब अढ़ाई बजे हुई इस घटना में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है

इस मौके पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे

भगवान शिव के परम भगत भगवान परशुराम न्याय के देवता माने जाते हैं जो कलयुग में भी चिरंजीव हैं वहीं अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में भी आज खूब रौनक रहेगी इस दिन स्वर्ण आभूषणों की खरीददारी को शुभ माना जाता है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पर्यटन स्थल कसौली में होटलों के अवैध निर्माण गिराने के आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट के कसौली में होटलों के अवैध निर्माण गिराने के आदेश आदेश में कहा कि पैसे के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता

दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है न्यायालय का कसौली के होटलों में अवैध निर्माण गिराने का आदेश अनुबंध कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी खबर को भी अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला लिखता है अनुबंध कर्मियों का वेतन कामगारों की बढ़ी दिहाड़ी

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचली कर्मचारी मालामाल जयराम सरकार का तोहफा एचपीसीए मामले में सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई की खबर पर अमर उजाला और हिमाचल दस्तक की एक जैसी सुर्खी है अदालत को राजनीतिक दंगल का अखाड़ा न बनाएं शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश किकेट एसोसियेशन ये जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की टिप्पणी आपका फैसला का शीर्षक है एचपीसीए मामले में सुप्रीम कोर्ट में वीरमद्र अनुराग के वकीलों में झड़प

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय निजी स्कूलों पर शिकजा में लिखता है प्रदेश सरकार ने बच्चों को स्कूल लाने व छोड़ने वाली स्कूली टैक्सियों के लिए नियम बनाकर बच्चों की सुरक्षा की पहल की है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय जांच के पहरे में पर्यटन में लिखा है कि अदालत द्वारा धर्मशाला मैकलोडगंल व मनाली कसोल के करीब अड़ाई सौ होटलों पर कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे पर्यटन सीजन प्रभावित होगा